प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का आव्हान किया है कि वे इस बार की दीपावली स्थानीय वस्तुओं से ही मनाएं

सुकमा जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए विस्फोटक की चपेट में आने से दो सुरक्षाकर्मी घायल बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले से आठ माओवादी गिरफ्तार

इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने बताया कि मरवाही विधानसभा क्षेत्र के दो सौ छियासी मतदान केन्द्रों के लिए इक्कीस चक्रों में मतगणना होगी गौरेला के शासकीय गुरुकुल विद्यालय परिसर में कल सुबह आठ बजे से मतों की गिनती शुरू की जाएगी उन्होंने बताया कि सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी इसके बाद सुबह साढ़े आठ बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वोटों की गिनती शुरू होगी मतगणना के लिए चार कक्ष निर्धारित किए गए हैं इनमें तीन कक्षों में ईव्हीएम से मतों की गिनती होगी वहीं एक कक्ष में डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी पहले कक्ष में छह टेबल लगाए गए हैं इसी प्रकार दूसरे और तीसरे कक्ष में चार चार टेबल तथा डाक मतपत्रों की गिनती के लिए भी चार टेबल लगाए गए हैं उम्मीदवार के अभिकर्ता को मतगणना केन्द्र में किसी भी प्रकार की वस्तु जैसे पेन पेंसिल कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति नहीं होगी साथ ही मोबाइल ले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं साथ ही मतगणना के दौरान कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा

इस सीट के लिए कांग्रेस के डॉक्टर केके ध्रुव भाजपा से डॉक्टर गंभीर सिंह राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी से उर्मिला मार्को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से रितु पेंद्राम अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से पुष्पा कोर्चे भारतीय ट्राइबल पार्टी से वीर सिंह नागेश और भाजपा सर्वजन हिताय पार्टी से लक्ष्मण पोर्ते चुनाव मैदान में हैं वहीं सोनमती सलाम ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा है प्रधानमंत्री आव्हान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का आव्हान किया है कि वे इस बार की दीपावली स्थानीय वस्तुओं से ही मनाएं उन्होंने कहा है कि इस बार की दीपावली को पूरी तरह स्थानीय उत्पादों का उपयोग करके मनाना हमारा संकल्प और दायित्व है आज कल आप देख रहे हैं लोकल के लिए वोकल वोकल फॉर लोकल इसके साथ ही लोकल फॉर दीवाली इसके मंत्र को इसकी गूंज चारों तरफ अब सुनाई देने लगी है मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवासियों से भी मेरा कहना है कि लोकल फॉर दीवाली को खुब प्रमोट करें खुब प्रचार करें हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खरीदेगा लोकल की चर्चा करेगा लोकल प्रोडक्ट का गौरव करेगा नये नये लोगों तक ये बात पहुंचायेगा कि हमारे लोकल प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं कितने शानदार हैं किस तरह हमारी पहचान है तो यह बातें दूर दूर तक जायेगी प्रधानमंत्री ने वाराणसी में आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जब सभी लोग स्थानीय उत्पादों और उनकी गुणवत्ता की तारीफ करने लगेंगे तो इसका असर औरों पर भी पड़ेगा साथ ही इन वस्तुओं को बनाने वाले भी इससे लाभान्वित होंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे समूची स्थानीय अर्थव्यवस्था में नई चेतना का संचार होगा एनजीटी फटाखा समय फसल अवशेष राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में दीपावली के अवसर पर केवल दो घंटे ही फटाखे फोड़े जा सकेंगे इस दो घंटे के दौरान भी प्रदूषण कम फैलाने वाले ग्रीन फटाखे ही फोड़े जा सकेंगे जारी आदेश के अनुसार दीपावली पर्व पर रात्रि आठ बजे से दस बजे तक ही फटाखे फोड़े जा सकेंगे साथ ही केवल उन्हीं फटाखों को बाजार में बेचा जा सकेगा जिनसे उत्पन्न प्रदूषण और ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो गौरतलब है कि देश में दिल्ली सहित कई राज्यों में एनजीटी ने आज मध्यरात्रि से तीस नवंबर तक फटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी है अपने आदेश में एनजीटी ने कहा है कि जिन शहरों में एयर क्वालिटी मोडरेट है ऐसी जगहों पर भी दीपावली छठ पूजा और क्रिसमस जैसे उत्सवों पर केवल दो घंटे ही ग्रीन फटाखे फोड़ने की अनुमति होगी इस बीच एनजीटी ने खेतों में फसलों की कटाई के बाद बचे अवशेषों को जलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है आदेश में किसानों द्वारा खेतों में फसल अवशेष जलाने पर दंड का प्रावधान किया गया है छत्तीसगढ़ में भी आवास और पर्यावरण विभाग ने फसल कटाई के बाद खेतों में बचे फसल अवशेष को जलाना प्रतिबंधित कर दिया है अधिकारियों ने बताया कि नियमों का उल्लंघन किए जाने पर दोषियों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई का प्रावधान है इसके तहत दो एकड़ तक फसल अवशेष जलाने पर पच्चीस सौ रूपये दो से लेकर पांच एकड़ तक पांच हजार रूपये और पांच एकड़ से अधिक के फसल अवशेष जलाने पर पंद्रह हजार रूपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए कृषि विभाग के मैदानी अमलों के माध्यम से किसानों को फसल अवशेष को न जलाकर इसका उपयोग पशु चारे के रूप में करने तथा कम्पोस्ट बनाने की समझाइश दी जा रही है इसके अलावा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने के साथ ही किसानों से धान के पैरा को गौठानों में दान करने की अपील भी की जा रही है

स्वस्थ लोगों की संख्या उनयासी लाख के करीब पहुंच गई है इस समय पांच लाख से अधिक कोरोना मरीजों का उपचार जारी है वहीं देशभर में संक्रमित लोगों की संख्या पचयासी लाख से अधिक हो गई है इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत का आंकड़ा ढाई हजार के करीब पहुंच गया है कल प्रदेश में तेरह कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है वहीं कल तेरह सौ पचहत्तर नये कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पहचान की गई इसी के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दो लाख को पार कर गई है वर्तमान में प्रदेश में बाईस हजार से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है

इस बीच जांजगीर चांपा जिले में जिला पंचायत ने मनरेगा जनआंदोलन के माध्यम से लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करने और कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करने का निर्णय लिया है जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आज इस संबंध में अधिकारियों कर्मचारियों को प्रतिज्ञा दिलाई वहीं जांजगीर के जिला कार्यालय में हुई कोविड कोर कमेटी की बैठक में कलेक्टर ने राज्य सरकार द्वारा सैंपल जांच के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए

जिले के पुलिस अधीक्षक केएल ध्रुव ने बताया कि बीजापुर और सुकमा जिले के जवान संयुक्त तलाशी अभियान पर निकले थे इस दौरान माओवादियों द्वारा लगाए गए स्पाइक होल की चपेट में आने से डिप्टी कमांडेंट घायल हो गए वहीं विस्फोटक की चपेट में आने से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी का एक जवान भी घायल हो गया दोनों सुरक्षाकर्मियों को एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है इसी जिले के चिंतागुफा और बुरकापाल के पास सुरक्षा बलों ने दस दस किलो के दो आईईडी बम बरामद किए हैं इसके अलावा माओवादियों द्वारा लगाए गए पंद्रह से अधिक स्पाइक होल भी बरामद किए गए हैं इधर बीजापुर जिले के बासागुड़ा और पामेड़ थाना अंतर्गत एक महिला सहित छह माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है मिली जानकारी के अनुसार इन माओवादियों के कब्जे से पाईप और टिफिन बम भी बरामद किए गए हैं इस बीच दंतेवाड़ा जिले में डीआरजी और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने दो इनामी माओवादियों को गिरफ्तार किया है इनमें से एक महिला माओवादी है जिस पर दो लाख रूपये का इनाम घोषित था इन माओवादियों को किरंदुल थाना क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों से गिरफ्तार किया गया है

मुख्यमंत्री पाटन दौरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग जिले की पाटन तहसील के बोरेन्दा गांव का दौरा किया इस दौरान मुख्यमंत्री ने तीन करोड़ तीस लाख रूपये की लागत से निर्मित सौर सामुदायिक योजना का लोकार्पण किया इस योजना से गांव के दो सौ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा श्री बघेल ने खारून नदी के किनारे में तटबंध निर्माण की स्वीकृति भी दी साथ ही चुलगहन और ओदरागहन गांव में सोलर सामुदायिक योजना की मंजूरी दी मुख्यमंत्री ने प्रवास के दौरान सब्जी उत्पादन करने वाली स्व सहायता समूह की महिलाओं से भी चर्चा की साथ ही उत्पादित सब्जी का अवलोकन भी किया महिला समुह राज्यपाल भेंट कांकेर जिले के दो महिला स्व सहायता समूहों के प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में मुलाकात कर उन्हें गोबर से बनाए गए दीये भेंट किए इस मौके पर राज्यपाल ने उनके कार्य की सराहना करते हुए कहा कि ये महिलाएं गोबर के उत्पाद बनाकर पर्यावरण का संरक्षण कर रही हैं पंजीयन कार्यालय समय राज्य सरकार ने रायपुर बिलासपुर दुर्ग और सरगुजा जिले में आमजनों की सुविधा के लिए कल से तेरह नवम्बर तक पंजीयन कार्यालयों की कार्य अवधि में आधे घंटे की वृद्धि की है महानिरीक्षक पंजीयन तथा अधीक्षक मुद्रांक धर्मेश साहू ने बताया कि पंजीयन कार्यालयों का कार्यालयीन समय सुबह साढ़े दस बजे से शाम छह बजे तक रहेगा इस कार्यालयीन अवधि में लोग दस्तावेजों का पंजीयन करा सकते हैं ताम्रध्वज डहरिया दौरा प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्यज साहू ने कहा है कि राज्य में दू लेन सड़कों का ही निर्माण किया जाएगा अब कहीं भी सिंगल लेन सड़कें नहीं बनेंगी अपने बलरामपुर प्रवास के दौरान श्री साहू ने विजय नगर गांव में इकतालीस करोड़ रूपये से अधिक के विभिन्न निर्माण कार्यो का भूमिपूजन और शिलान्यास किया साथ ही उन्होंने बलरामपुर रामानुजगंज जिले के चांदो से कुसमी मार्ग पर पुल निर्माण की स्वीकृति भी दी इस मौके पर श्री साहू ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और हितग्राहियों को सामग्री प्रदान की इधर नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने बलौदाबाजार भाटापारा जिले के प्रवास के दौरान विकास कार्यों के लिए करीब नौ करोड़ रूपये के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन और शिलान्यास किया

शहर के खम्हारडीह में संचालित बालिका गृह के सामने इन सामग्रियों को बेचने की व्यवस्था भी की गई है सुंदर कलात्मक और आकर्षक होने के साथ उचित मूल्य पर उपलब्ध होने के कारण इन सामानों को खरीदने लोग आगे आ रहे हैं गौरतलब है कि महिला और बाल विकास विभाग द्वारा छह से अट्ठारह वर्ष की अनाथ बालिकाओं या किसी कारणवश बेसहारा हो गई बालिकाओं को न केवल आश्रय दिया जाता है बल्कि उनकी पढ़ाई लिखाई दवाई कपड़ा सहित भोजन और अन्य सभी आवश्यक स्विधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है नशा उन्मुलन अभियान दुर्ग जिले में विधिक दिवस के अवसर पर आज नशा उन्मूलन और साइबर अपराध जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया इस अभियान के तहत नशे से होने वाले नुकसान और शरीर को होने वाली बीमारियों से लोगों से अवगत कराया जाएगा वहीं साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन का संयुक्त सहयोग लिया जाएगा संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ने राज्य सरकार से दीपावली से पहले लंबित एरियर्स की राशि का भुगतान करने की मांग की है इस संबंध में राजनांदगांव जिला फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को आवेदन देकर अपनी मांगों से अवगत कराया वहीं प्रशासन की ओर से दो महीने का वेतन भुगतान का आश्वासन मिलने के बाद महासमुंद के नगर पालिका कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज समाप्त हो गई दुर्ग जिले के सुपेला थाने के पास आज अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक जवान की मौत हो गई राजनांदगांव जिले के मंडलाटोला के पास बीती रात एक मोटरसाइकिल सवार सड़क पर खड़े वाहन से जा टकराया इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई वहीं बरगाही गांव के पास आज दो मोटरसाइकिलों के बीच हुई भिडंत में छह लोग घायल हो गए जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा के सिलादेही इलाके में ट्रक की ठोकर से घायल एक मजदूर की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई